यह दिवस बालिकाओं को समान अवसर सुनिश्चित करने पर जोर देने के लिए मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में शानदार उपलब्धि हासिल करने के लिए देश की बेटियों की सराहना की है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लड़कियों के सशक्तिकरण उनकी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा तथा भेदभाव समाप्त करने की दिशा में बहुत से कदम उठाए हैं श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वालों तथा उन्हें सम्मान के साथ जीवन में समान अवसर दिलाने वालों की सराहना का दिवस भी है आज भी हमारे देश में एक हजार बालक पैदा हो तो उसके सामने एक हजार बालिकाएं भी पैदा होनी चाहिए वर्ना संसार चक्र नहीं चल सकता आज पूरे देश में ये चिंता का विषय है मैं जरा माताओं से पूछ रहा हूं अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहु कहां से लाओंगे और इसलिए जो हम चाहते हैं वो समाज भी चाहता है हम ये तो कहते हैं कि बहु तो हमें बढ़ी लिखी मिले लेकिन बेटी को बढ़ाना है तो पचास बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं

इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संदेश में सभी बेटियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने बेटियों के सशक्तिकरण के साथ ही उन्हें सुरक्षित और सहज माहौल देने की भी जरूरत बताई है वहीं दुर्ग जिले के आंगनबाड़ी कोन्द्रों में आज बालिकाओं के लिए खेल कूद स्पर्धाएं और पोषण आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसी तरह मुंगेली में जिला स्तरीय जागरूकता शिविर लगाया गया जिसके माध्यम से महिला और बाल विकास विभाग द्वारा बालिकाओं के लिए प्रश्नोत्तरी सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इधर कवर्धा में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न स्पर्धाओं की विजेता बालिकाओं को पुरस्कृत किया प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दोपहर बारह बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार असाधारण योग्यता और नवाचार स्कूली उपलब्धि खेल कला और संस्कृति सामाजिक सेवा तथा बहादुरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान कर रही है इस वर्ष बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देशभर के बत्तीस आवेदकों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दो हजार इक्कीस के लिए चुना गया है इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी उपस्थित रहेंगी

इस दिवस का उद्देश्य मतदाताओं विशेषकर नये मतदाताओं को प्रोत्साहन और सुविधा देने के साथ साथ अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में उनको नामांकन के लिए प्रेरित करना है भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल पच्चीस जनवरी को देशभर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है वहीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग कल से डिजिटल मतदाता फोटो पहचान पत्र की शुरूआत करने जा रहा है इस ई मतदाता परिचय पत्र को किसी भी मोबाइल या कम्प्यूटर से डाउनलोड किया जा सकेगा साथ ही इसे डिजी लॉकर में भी सुरक्षित किया जा सकता है निर्वाचन कार्यालय के अनुसार ऐसे मतदाता जिन्होंने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण दो हजार इक्कीस के दौरान अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराते समय मोबाइल नंबर भी दर्ज कराया है वे कल पच्चीस से इकतीस जनवरी तक अपने मोबाइल या कम्प्यूटर पर ई इपिक डाउनलोड कर सकेंगे वहीं ऐसे मतदाता जिन्होंने पंजीयन के दौरान अपना मोबाइल नंबर दर्ज नहीं कराया है वे आगामी एक फरवरी से केवाईसी संपन्न कर ई इपिक प्राप्त कर सकेंगे वहीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर कल राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन राजधानी रायपुर में होगा इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त टीपी शर्मा होंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह करेंगे इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसके पाटील उपस्थित रहेंगे

जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में मतदाता जागरूकता आधारित कार्यक्रम भी होगा वहीं वर्ष दो हजार बीस में निर्वाचन कार्य बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए दुर्ग जिले का चयन राज्य स्तरीय सम्मान के लिए हुआ है कल आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे यह सम्मान ग्रहण करेंगे बिलासपुर के कलेक्टोरेट परिसर में भी कल संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय अलंग की उपस्थिति में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा बर्ड फ्लू केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश के नौ राज्यों में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बताया है कि बारह राज्यों में कौवों प्रवासी और जंगली पक्षियों में भी एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है छत्तीसगढ सहित आठ राज्यों के बर्ड फ्लू प्रभावित इलाकों में नियंत्रण अभियान चल रहा है मंत्रालय ने कहा कि मुआवजे का भुगतान केवल उन मुर्गी पालकों को किया जाता है जिनकी मुर्गियां अंडे और मुर्गी चारा राज्य द्वारा एक्शन प्लान के अनुसार समाप्त किए जाते हैं

इस पूर्वाभ्यास कार्यक्रम में जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों ने तैयारियों का जायजा लिया वहीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश की जनता के नाम अपना संदेश देंगे इसका सीधा प्रसारण कल शाम सात बजे से आकाशवाणी नई दिल्ली से किया जाएगा वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी प्रदेश की जनता के नाम अपना संदेश देंगी जिसका प्रसारण रात नौ बजे से किया जाएगा इस वजह से आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होने वाला हिन्दी का प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल शाम सात बजकर पांच भिनट के स्थान पर रात्रि नौ बजकर बीस मिनट पर प्रसारित किया जाएगा

वहीं कोसीर को उप तहसील और भड़िसार में जलाशय का निर्माण किया जाएगा यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायगढ़ जिले के सारंगढ़ विकासखंड स्थित नंदेली गांव में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की उन्होंने यह भी कहा कि रायगढ़ की बंद जूट मिल को फिर से शुरू करने की पहल की जाएगी ताकि लोगों को रोजगार मिले और धान खरीदी के लिए बारदानों की कमी भी दूर की जा सके श्री बघेल ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के हितग्राहियों को चौथी किश्त की राशि इकतीस मार्च से पहले दे दी जाएगी अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में एक सौ पैंतीस करोड़ रूपये की लागत से राम वनगमन पथ का निर्माण भी किया जा रहा है वहीं दुर्ग जिले में धमधा के चेटवा गांव में एक अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि चालू खरीफ मौसम में अब तक छियासी लाख मीटरिक टन धान की खरीदी हो चुकी है जो कि एक रिकॉर्ड है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मुरमुंडा स्थित गौठान का निरीक्षण किया साय बयान इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कथित रूप से आरंग के एक जीवित किसान को मृत बताने और रिकॉर्ड में उसकी कृषि भूमि का रकबा खत्म करने के मामले को लेकर भी राज्य सरकार की कार्यप्रणाली की आलोचना की है उन्होंने राज्य सरकार से प्रदेश के जिन पंजीकृत किसानों का धान नहीं बिक पाया है उनके लिए धान खरीदी की अवधि बढ़ाने की मांग की है साथ ही उन्होंने रकबा संबंधी शिकायतों का भी तत्काल निराकरण करने की मांग की है श्री साय ने राज्य सरकार द्वारा जारी धान खरीदी के आंकड़ों को लेकर झूठी वाहवाही लूटने का आरोप भी लगाया है हमर ग्राम सभा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव आज रात साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे सड़क सुरक्षा माह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान राजधानी रायपुर में यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का पालन के प्रति जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है वहीं महासमुंद जिले के तुमगांव में भी यातायात जागरूकता रैली निकाली गई इस दौरान हेलमेट पहनकर वाहन चलाने वाले लोगों को फूल देकर सम्मानित किया गया इसी तरह दुर्ग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी आज हेलमेट जागरूकता रैली निकाली गई इसके माध्यम से वाहन चालकों को हेलमेट पहनने का संदेश दिया गया रैली का शुभारंभ जिला और सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने किया

यह टूर्नामेंट आगामी दो मार्च से इक्कीस मार्च तक चलेगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस क्रिकेट दूर्नामेंट के आयोजन के लिए अपनी सहमति दे दी है टूर्नामेंट के आयुक्त प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने मुख्यमंत्री से द्रभाष पर चर्चा कर आयोजन की अनुमति देने का आग्रह किया था इस टूर्नामेंट में इंडिया के अलावा साउथ अफ्रीका आस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के लिए प्राख्यात पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी भाग लेंगे जिसमें सचिन तेंदुलकर जॉन्टी रोड्स ब्रेट ली ब्रायन लारा और मुथैया मुरलीधरन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं इस दूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य भारत में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है पेसा कानून पदयात्रा राजनांदगांव जिले के माओवाद प्रभावित मानपुर क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों ने पांचवीं अनूसूची क्षेत्र में पेसा कानून लागू करने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक पदयात्रा निकाली है यह पदयात्रा आज राजधानी रायपुर पहुंची जहां आदिवासी समुदाय के लोग कल राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करेंगे और उन्हें अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे माओवाद प्रभावित खड़गांव से बीते बीस जनवरी को यह पदयात्रा निकली है इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं हाथों में तिरंगा और तीर कमान लेकर आदिवासीजन राजनांदगांव और दुर्ग होते हुए रायपुर पहुंचे हैं इस पदयात्रा के जरिये आदिवासियों ने करीब एक सौ पचहत्तर किलोमीटर की दूरी तय की है आदिवासी नेताओं ने आरोप लगाया कि पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में पेसा कानून लागू नहीं होने से आदिवासी समुदाय के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं उन्होंने बताया कि इससे पहले भी क्षेत्रीय स्तर पर आंदोलन कर शासन प्रशासन को उनकी मांगों से अवगत कराया गया था लेकिन इसके बाद भी उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया सेल स्थापना दिवस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना दिवस के मौके पर भिलाई इस्पात संयंत्र के पंद्रह सौ से अधिक कर्मचारियों को दीर्घ सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया इस अवसर पर कल और आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है संयंत्र परिसर में आयोजित समारोह में बीएसपी के प्रभारी निदेशक अनिर्बान दास गुप्ता ने अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में संयंत्र ने अपने कार्य से नई ऊंचाइयां हासिल की हैं स्वच्छता पखवाड़ा रीजनल आउटरीच ब्यूरो आरओबी रायपुर द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जागरूकता संचार के लिए निःशुल्क ऑनलाइन प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है इस स्पर्धा में प्रतिभागी स्वच्छता विषय पर कविता या स्लोगन के रूप में लिखी गई अपनी रचनाएं अट्ठाईस जनवरी तक भेज सकते हैं विजेता प्रतिभगियों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के आरओबी रायपुर की ओर से प्रमाण पत्र और पारितोषिक के रूप में स्वच्छता से संबंधित उत्कृष्ट साहित्य प्रदान किए जाएंगे पेंगोलिन बाघ खाल तस्करी वन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर इन दिनों राज्य में वन अपराधों की रोकथाम के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत गरियाबंद वनमंडल में एक जिंदा पेंगोलिन बरामद किया गया है इसके तस्करी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है रायपुर वृत्त के मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर व्यापारी बनकर तस्करों से पेंगोलिन के बारे में जानकारी ली गई वहीं धमतरी जिले के नारायणपुर क्षेत्र से बाघ की खाल की तस्करी के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है इसके पास से बाघ की खाल बरामद की गई है कांकेर का रहने वाला यह युवक सिहावा में बाघ की खाल बेचने की कोशिश कर रहा था इसी तरह महासमुंद जिले के पिथौरा इलाके से सांभर का शिकार करने के मामले में वन विभाग ने चार ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है

संस्कृति भारती छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में संस्कृत के विषय विशेषज्ञ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोग शामिल हुए कार्यक्रम का उद्देश्य संस्कृत भाषा का संरक्षण और प्रचार प्रसार है संक्षिप्त समाचार रायपुर में नलघर चौक के पास एक चौराहे का नामकरण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल के नाम पर किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल इस चौक का लोकार्पण किया भारतीय जनता पार्टी के चौदह विभिन्न प्रकोष्ठों के संयोजकों ने आज रायपुर में एकात्म परिसर स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित समारोह में अपना पदभार ग्रहण किया इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे आम आदमी पार्टी ने किसानों के मुद्दों को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया कोंडागांव जिले में माओवादियों ने एक उप सरपंच की हत्या कर दी है मिली जानकारी के मुताबिक बयानार थाना क्षेत्र के पेरमापाल गांव में बीती रात सशस्त्र माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया कबीरधाम जिले के छब्बीस युवाओं का चयन पैरा मिलिट्री फोर्स में हुआ है इन युवाओं ने पुलिस विभाग द्वारा आयोजित निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया था राजनांदगांव के बसंतपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से जिला कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने शिशु संरक्षण माह की शुरूआत की राजधानी रायपुर में टीवी कंपनी का फ्रेंचाइजी देने के नाम पर एक महिला के साथ करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी करने के मामले का खुलासा हुआ है पुलिस ने आरोपी को उत्तरप्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है